इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का महोत्सव है उन्होंने कहा कि दांडी यात्रा के उस क्षण को पुनर्जीवित करने का यह प्रयास देश को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी का ही अंग है इस मौके पर श्री मोदी ने अमृत महोत्सव वेबसाइट का भी शुभारंभ किया

इस मार्च के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों नाटकों और ग्रामीण बैठकों की श्रंखला का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों में आत्मनिर्भर भारत स्वच्छता पर्यावरण सामाजिक सुरक्षा और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जा सके दांडी मार्च के दौरान भारत द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न उपलब्धियों के बारे में भी लोगों के बीच नई चेतना लाई जाएगी

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अलवर शहर में नगर परिषद में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया

झूंझुनूं जिले में शहीद स्मारक पार्क से दांडी मार्च की शुरूआत हुई जो शहर के मार्गो से होती हुई गांधी चौक तक पहुंची जैसलमेर में गडीसर चौराहे से शुरू हुई दांडी यात्रा गांधी दर्शन हनुमान चौराहे पर पहुंची और वहां गोष्ठी का आयोजन हुआ

चूरू पाली सवाई माधोपुर झालावाड़ प्रतापगढ़ और बांरा जिलों में भी अमृत महोत्सव के तहत प्रतिकात्मक दांडी मार्च निकाला गया अमृत महोत्सव आयोजनों की कड़ी में राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव शीर्षक से आयोजित विशेष चित्र प्रदर्शनी का उदघाटन किया उदघाटन के बाद मीडिया से बातचीत में श्री मिश्र ने कहा कि आजादी के संग्राम की कहानी हर नागरिक को प्रेरणा देने वाली है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरों की ओर से ये प्रदर्शनी लगाई गई है

प्रदर्शनी स्थल पर आजादी के महानायकों महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों के साथ सैल्फी के लिए सैल्फी जोन की व्यवस्था भी की गयी है ऐसी ही दो अन्य प्रदर्शनियां भीलवाड़ा और नसीराबाद में आयोजित की जा रही है प्रदेश में आज से एक बार फिर व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है पूरे राज्य में आज लगभग दो हजार से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है

बीकानेर में तीन दिवसीय रम्मत महोत्सव आज से शुरू होगा कला और संस्कृति विभाग तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रहे महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ऑनलाइन करेंगे होली के अवसर पर होने वाली रम्मतें बीकानेरी लोक संस्कृति का प्रमुख अंग हैं

यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा

राज्य में सकिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में मौसम में बदलाव आया है

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के स्थानों पर भी हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से ही आंशिक बादल छाये हुए हैं